नमो ऐप के जरिये आज छह सौ से अधिक जिलों के किसानों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली यू पी ए सरकार के पांच वर्ष के शासनकाल के मुकाबले एन डी ए सरकार ने कृ षि क्षेत्र के लिए दोगुनी बजट राशि का आबंटन किया है

महेन्द्र सिंह सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने मंडी जिले में धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की सधोट व सजाओ पीपलु पंचायतों में आज मनरेगा कामगारों को वाशिगं मशीनें इंडक्शन हीटर सोलर लाईटें व एजुकेशन चैक वितरित किए

महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि क्षेत्र में पेयजल और सड़कों की सुविधा का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है मारकंडा कृषि व जनजातीय मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज स्पिति के लरी स्थित अश्व प्रजनन केन्द्र का निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने बताया कि इस केन्द्र में चमुर्थी घोड़े व याक के साथ साथ चीगू बकरी के प्रजनन पर कार्य किया जाएगा रामलाल मारकंडा ने बताया कि इस वर्ष लद्दाख से उच्च गुणवत्ता की एक सौ बकरियां लाई जा रही है ताकि विलुप्त हो रही चीगु प्रजाति की बकरी का संरक्षण किया जा सके

कृषि मंत्री ने इस दौरान ग्य हुरलिंग ताबो लरी व डंखर के लोगों की समस्याएं भी सुनीं

उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए सुरेश भारद्वाज ने बताया कि महाविद्यालय में इसी सत्र से कला संकाय की कक्षाएं आरंभ कर दी जाएंगी उन्होंने शामलाघाट में जिला शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थान डाईट का निरीक्षण भी किया सुरेश भारद्वाज ने डाईट में बुनियादी सुविधाएं विकसित करने पर भी बल देते हुए कहा कि सरकार विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा देने के लिए वचनबद्ध है शिक्षा मंत्री ने डाईट के भवन में चल रहे केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय महिला कौशल प्रशिक्षण संस्थान का दौरा भी किया सहजल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भ्रष्टाचार मुक्त शासन को साकार करने के उद्देश्य से इस बार राज्य स्तरीय शूलिनी मेले में भाग लेने वाले कलाकारों को डिजिटल प्रणाली से पेमेंट की जाएगी सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने आज सोलन में एक पत्रकार वार्ता में ये जानकारी दी उन्होंने मेले के कार्ड बघाटी भाषा में छपवाने को एक सराहनीय कदम बताया सहजल ने कहा कि मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इसमें थर्मोकोल की वस्तुएं इस्तेमाल नहीं की जाएंगी उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र मेले का श्भारंभ करेंगे अन्राग सांसद अनुराग ठाकुर ने संपर्क फॉर समर्थन अभियान के तहत आज केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपीनड्डा के पिता नारायण लाल नड्डा से बिलासपुर स्थित उनके निवास स्थान में मुलाकात की सांसद ने उन्हें बुकलेट भेंट की और केन्द्र सरकार की चार वर्ष की उपलक्षियों पर चर्चा की अनुराग ठाक्र ने आईजीएमसी शिमला में तैनात डॉक्टर मनोज ठाक्र से भी मुलाकात की

राज्य स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर होगा जहां राज्यपाल आचार्य देवव्रत बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपीनड़डा इस मौके विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे इसके अलावा कार्यक्रम में विभिन्न वर्गों व संस्थाओं के सदस्य भी मौजूद रहेंगे इस बीच विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज नाहन में योग दिवस के संबंध में किए गए प्रबंधों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की